विदेश सचिव विजय गोखले ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद भारत में और आत्मघाती आतंकी हमलों की कोशिश कर रहा था और इसके लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था उन्होंने कहा कि इस कारण यह हमला करना जरूरी था विजय गोखले ने बताया कि जैश ए मोहम्मद ने भारत में कई आतंकी हमले किए हैं भारत ने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े प्रशिक्षण केंद्र को नष्ट कर दिया है जैश ए मोहम्मद के बड़ी संख्या में आतंकवादी प्रशिक्षु वरिष्ठ कमांडर और जिहादियों का समूह जो फिदायिन हमलों की तैयारी कर रहे थे इस ऑपरेशन में मारे गए हैं इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है राजस्थान के चुरू में आज एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे देश का शीश झुकने नहीं देंगे प्रधानमंत्री ने सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम को भी सलाम किया है इधर भारतीय वायुसेना के हवाई हमले की गूंज लाहौल घाटी में भी सुनाई दी रात के समय लड़ाकू विमानों की गर्जना से लोग सहम उठे प्रत्यक्षदर्शीयों ने बताया कि उन्होंने अंधेरी रात में लड़ाकू विमानों को कश्मीर की तरफ उड़ते हुए देखा विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वायुसेना को बधाई दी है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि इस कार्रवाई से आतंकियों को कड़ा संदेश मिलेगा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश को पूरा भरोसा है और भारतीय वायुसेना इस कार्रवाई के लिए बधाई की पात्र है उधर सोलन में भी भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए इस हमले के बाद जश्न का माहौल रहा और पूरा शहर भारत माता के जयघोष से गूंज उठा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में भारतीय वायुसेना द्वारा आतंकियों के खिलाफ की गई जवाबी कार्रवाई का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस देशहित में किसी भी कार्रवाई पर सरकार के साथ है हिमाचल पैंशनर संघ की हमीरपुर इकाई ने भी वायुसेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई का स्वागत किया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार निवेशकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और उद्यमियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल्द स्वीकृतियां मिलना सुनिश्चित किया जाएगा कल देर शाम शिमला में सीआईआई की प्रदेश इकाई के एक समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष जून महीने में धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन करने पर विचार कर रही है जिसके लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के सहयोग की जरूरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस इन्वेस्टर मीट के लिए सर्वांगीण सोच के साथ काम कर रही है ताकि निवेशक अपनी इच्छा से किसी भी क्षेत्र में निवेश कर सके उन्होंने कहा कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ कालाअंब और टाहलीवाल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना सृजित की जाएगी